इस अवसर पर आदिवासी संस्कृति पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे ये कार्यक्रम जनजातीय कलाकारों और आदिवासी कला मंडलियों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे इस मौके पर आदिवासी वर्ग मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जायेगा

खंडवा से हजारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आदिवासी कल्याण दिवस की तैयारियां चल रही है

कल नागपुर में एक व्याख्यान में श्री रावत ने कहा कि पिछले कई वर्षो में इसमें कोई खराबी नहीं मिली है

श्री रावत ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई ने इन खामियों को दुरुस्त किया और वीवीपीएटी मशीनों ने हाल के चुनाव में सुचारू ढंग से काम किया

उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाये तत्परता के साथ नागरिकों को लोक सेवाएं प्रदाय की जायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस मौके पर समाधान एक दिन में स्कीम के क्रियान्वयन में दस उत्कृष्ट प्राधिकारियों को सम्मानित किया इस कार्य में निम्नतम प्रदर्शन करने वालों को कड़ी हिदायत भी दी श्री चौहान ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालयीन कक्षाओं से संबंधित समस्याओं की भी समीक्षा की साथ ही जून माह में अधिकतम संतुष्टि के साथ लेवल वन पर समस्याओं के समाधान की जानकारी भी ली

राज्यपाल ने रायसेन जिले के भ्रमण के दौरान भोजपुर भीमबेटका आदि जगहों का भ्रमण किया भीमबेटका रेस्ट हाउस में स्व सहायता समूह रेडक्रास हितग्राहियों से भेंट भी की

इस अवसर पर श्री शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा देने में वर्ल्ड ऑन व्हील महत्वपूर्ण साबित होगी स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षा एवं जागरूकता के लिये मोबाइल कम्प्यूटर लैब एक स्कूल से दूसरे स्कूल और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचकर कम्प्यूटर शिक्षा के लिये सकारात्मक वातावरण तैयार करेगी

यह वाहन हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल परिसर में बच्चों को कम्प्यूटर की शिक्षा देगा

लैब में बिजली की उपलब्धता निरंतर बनाये रखने के लिये बस में सोलर पैनल भी लगाये गये हैं

इस सुविधा के शुरू होने से न्यायालय में वीडिओ कांफ्रेंसिग होने से प्रकरणों के त्वरित निराकरण हो सकेंगे प्रकरण से संबंधित प्रदेश के अन्य जिलों के किसी भी व्यक्ति को सुनवाई हेत् न्यायलय आने का बंधन नहीं रहेगा वे अपने जिले के सत्र न्यायलय जाकर वहाँ मौजूद वीडिओ काफ्रेंसिग सुविधा का निःशुल्क लाभ लेकर अपनी गवाही साक्ष्य एवं अन्य कार्यवाही दर्ज करा सकेंगे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारतीय खेलों को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है भारतीय खेलों से शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है

समापन समारोह सिमरोल की लालबाई फूलबाई स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर आयोजित किया गया आंगनवाड़ी केंद्र के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में गोद भराई की रस्म भी पूरी की गई कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीण महिलाओं ने हिस्सा लिया इस अवसर पर फील्ड आऊटरीच ब्यूरो इंदौर के सहायक निदेशक मधुकर पवार ने कहा कि मां का दूध शिश् का अधिकार है तथा उसे मां के दूध से वंचित करना किसी अपराध से कम नहीं है श्री पवार ने कार्यक्रम में मौजूद सभी महिलाओं से आग्रह किया कि शिशु के स्तनपान टीकाकरण और पोषाहार पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है

इसके तहत मुख्यमंत्री श्रीचौहान प्रातः पौने ग्यारह बजे हेलिकाप्टर से आगरमालवा विधानसभा क्षैत्र के ग्राम कानड़ पहुचेगें और सभा को संबोधित करेगें

जिसमें आगामी त्यौहारों को शांतिपूर्वक मनाये जाने पर चर्चा हुई